मुख्यमंत्री ने इस स्थान को प्रदेश का केन्द्रीय बिंदु बताते हुए इसे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान भी बताया जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी जिले में हवाई अड्डा बनने से सुरक्षा बलों को भी सहायता मिलेगी इसके अलावा मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री सुरेश प्रभु से हवाई अड्डा निर्माण के लिए शीघ्र स्वीकृतियां प्रदान करने और प्रदेश में उड़ान जल्द आरंभ करने के लिए सहायता प्रदान करने का आग्रह भी किया केन्द्रीय मंत्री ने मुलाकात के दौरान उठाए गए मुद्दों पर हर संभव सहायता का आश्वासन देते हुए अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता पिछड़े वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है कांगड़ा ज़िले में सुलह निर्वाचन क्षेत्र के अक्षैणा में आज जनसमस्याएं सुनने के बाद उन्होंने ये बात कही विपिन परमार ने ै कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले साढ़े चार वर्ष के कार्यकाल के दौरान गरीब व कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं

सहजल प्रदेश सरकार तकनीकी पाठ्यक्रमों को उद्योग जगत की जुरूरत के मुताबिक स्तरोन्नत कर रही है ताकि युवा पीढ़ी कौशल निपुण बन सकें सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने सोलन ज़िले में कसौली विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंझोल के वार्षिक समारोह में आज ये बात कही उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण और उदारीकरण के इस युग में युवाओं के कौशल को निखारने की आवश्यकता है

इस कार्यक्रम के लिए लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माईजीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेशों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है

खेल नीति प्रदेश में जल्द ही नई खेल नीति बनेगी

उन्होंने कहा कि खेलों से जुड़े सभी स्टेक होल्डर के साथ विचार विमर्श के बाद इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा खेल मंत्री ने कहा कि खेलों के क्षेत्र में प्रदेश को शिखर पर पहुंचाने के लिए वर्तमान सरकार लगातार प्रयासरत है और खेल व खिलाड़ियों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के बेहतर प्रशिक्षण के लिए प्रदेश में सभी प्रशिक्षकों के रिक्त पदों को कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भरा जा रहा है नशे जैसी बढ़ती प्रवृति पर चिंता जताते हुए उन्होंने युवा वर्ग से इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए आगे आने का ओहवान किया इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती और पंचायतीराज मंत्री व प्रदेश वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष वीरेन्द्र कंवर ने भी अपने विचार रखे

ये वीरता पुरस्कार इस स्कूल की दो छात्राओं मुस्कान और सीमा को मनचलों को करारा सबक सिखाने के लिए प्रदान किया जाएगा पिछले वर्ष इन छात्राओं ने छेड़खानी करने वाले इन युवकों का डटकर सामना कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है प्रशिक्षण किसानों की आर्थिकी को मजबूत बनाने के उदेश्य से सोलन के चंबाघाट स्थित उद्यान विभाग द्वारा किसानो को खुम्ब प्रशिक्षण दिया जा रहा है

किसानों का कहना है कि इस तरह के प्रशिक्षण शिविर से जहां उन्हें खुम्ब उत्पादन की नवीनतम जानकारी मिल रही है वहीं ये शिविर इस क्षेत्र में उनकी आर्थिकी बढ़ाने में भी मददगार साबित होगा